अस्सी दशमलव पांच नौ प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रोहतास के हिमांशु राज बने टॉपर

चौदह मरीजों की हो चुकी है मौत

अब तक एक हजार एक सौ पैंतीस ट्रेनों के माध्यम से सत्रह लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहंचे और पूरा प्रदेश लू तथा भीषण गर्मी की चपेट में

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है इस बार अस्सी दशमलव पांच नौ प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं बारह लाख चार हजार तीस सफल परीक्षार्थियों में छह लाख तेरह हजार चार सौ पचासी छात्र और पांच लाख नब्बे हजार पांच सौ पैंतालीस छात्राएं हैं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम जारी करते हुए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की रोहतास के हिमांशु राज ने छियानवे दशमलव दो प्रतिशत अंकों के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हिमांशु ने कहा कि वे प्रति दिन चौदह घंटे पढ़ाई करते थे वे आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ऑकड़ों के अनुसार पटना में सबसे अधिक दो सौ ग्यारह मामलों की अब तक प्रष्टि हो चुकी है रोहतास में एक सौ छियासठ मुंगेर में एक सौ अड़तालीस मधुबनी में एक सौ पैंतालीस खगड़िया में एक सौ तैंतालीस और बक्सर में एक सौ चौदह मामले पॉजिटिव पाये गये हैं अब तक आठ सौ मरीजों को इलाज के बाद छूट्टी दे दी गयी है जबकि चौदह मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है

अब तक साठ हजार चार सौ नब्बे लोग स्वस्थ हो च्रके हैं जबकि चार हजार एक सौ सड़सठ लोगों की मौत हुई है देश में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर इकतालीस दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि समय रहते किये गये एहतियाती उपायों के कारण भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी है

बैठक में कोविड उन्नीस के बढ़ रहे मामलों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गूलेरिया ने लोगों को कोविड उन्नीस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी

दूसरा मैं यह कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हैंड वॉसिंग भी हम पूरी तरह से करें हम यह एक नया नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे जब भी घर आयें तो हाथ धोए जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़कर मिलें और हैंड वॉसिंग रेगुलर करें इससे कोविड ही नहीं कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाईन फ्लू है या टीबी है ये भी हमारे देश में कम होंगी

अगर उसकी ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसिस थे पेंडामिक एरिया था या फिर उनका ऐसा कॉन्टेक्ट हुआ है किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था या सस्पेक्ट था या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने लोगों से सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है

मेरी सबसे एक यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें उसको फॉलो करें

मस्ती मजाक करने के लिए रोड़ों पर निकलना अपने देश से ईमानदारी नहीं है मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज जो भी सरकार हमें कह रही है करने को उस चीज का पूरी तरह से पालन करें केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि जब देश कोविड उन्नीस का मुकाबला कर रहा है उस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है

आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हायतौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया पूरे देश में क्यों लगाया अर्थव्यवस्था तबा हो जाएगी यानि जब लगा तो भी विरोध किया अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने रोहतास स्थित नारायण चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल जमुहार को कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की अनुमति दी है संस्थान के प्रबंध निदेशक विक्रम नारायण सिंह ने बताया कि यह राज्य का पहला निजी चिकित्सा महाविद्यालय है जहां कोविड उन्नीस संक्रमण की जांच होगी रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र स्थित क्वारेंटीन केन्द्र में एक प्रवासी मजदूर की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गयी वहीं दरभंगा जिले के जाले तथा कुशेश्वर स्थान के क्वारेंटीन केन्द्रों में दो प्रवासियों की अलग अलग कारणों से मृत्यु हो गयी प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है अब तक एक हजार एक सौ पैंतीस ट्रेनों के माध्यम से सत्रह लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं आज एक सौ नौ ट्रेनों के माध्यम से एक लाख अस्सी हजार लोग अपने गृह जिले पहुंचे कल एक सौ सत्रह रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख तिरानवे हजार प्रवासी बिहार पहुंचेंगे सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अभी तीन सौ इक्कीस ट्रेन और आयेगी जिससे पांच लाख उनतीस हजार लोगों के आने की संभावना है वंदे भारत अभियान के तहत आज गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किगिग्स्तान से एक उड़ान पहुंचयी इस उड़ान में एक सौ सताईस अप्रवासी भारतीय थे जिन्हें क्वारेंटीन सेंटर भेजा जा रहा है नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अनुमति दे दी है इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल हैं इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम से कम पैंतालीस मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा हालांकि बहुत वृद्ध व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है एयर एम्बुलेंस के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के आरोग्य सेतू ऐप की जांच की जाएगी प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में उन्नीस करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है दो हजार तीन सौ छिहत्तर लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि दो हजार दो सौ सत्रह प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं अब तक अस्सी हजार पांच सौ सतहत्तर वाहन भी जब्त किये जा चुके हैं प्ररा प्रदेश लू और भीषण गर्मी की चपेट में है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी विभाग ने कहा है कि उनतीस मई से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आसमान में बादल छाये रहेंगे और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने नवादा औरंगाबाद रोहतास कैमूर और गया जिले में लू की स्थिति को देखते हुए लोगों से दिन के समय घर से बाहर नहीं निकलने और विशेष एहतियात बरतने की अपील की है आज छियालीस डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा सासाराम का अधिकतम तापमान चौवालीस पटना का इकतालीस भागलपुर का उनतालीस दशमलव चार और पूर्णिया का छत्तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया केन्द्रीय पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घोषित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक नई आर्थिक क्रांति आयेगी आज नई दिल्ली में योजना से संबंधित जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र में पचास हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी

लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है आकाशवाणी से कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

श्री रजक ने बताया कि जब तक पैकेज में राज्यों की हिस्सेदारी तय नहीं होगी बिहार जैसे राज्यों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल सकेगा उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि वे बैंकों को ऋण देने में उदारता दिखाने का निर्देश दें गोपालगंज जिले के हथ्रआ के रेपुरा में आज अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि मृतक जदयू विधायक पप्पू पांडेय के संबंधी था बक्सर जिले के तिलक राय हाता थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले के हथ्रआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी जमुई दरभंगा और खगड़िया जिले से पुलिस ने एक सौ दो कार्टन विदेशी शराब बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है

अस्सी दशमलव पांच नौ प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रोहतास के हिमांशु राज बने टॉपर

चौदह मरीजों की हो चुकी है मौत

अब तक एक हजार एक सौ पैंतीस ट्रेनों के माध्यम से सत्रह लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे और पूरा प्रदेश लू तथा भीषण गर्मी की चपेट में